मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सभी की फ्लैगशिप योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए उन्होंने उपायुक्तों को अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए सुझाव देने को भी कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाई जाए ताकि इनका कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा सके तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा है कि संसद से पारित तीन नए कृषि कानून उनके हित में हैं उन्होंने कहा कि अगर किसानों को इन कानूनों पर कोई आपत्ति है तो सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करने को तैयार है कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें प्रदर्शन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि इससे नागरिकों को कठिनाई होती है नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं यह एक भ्रम है कि इन कृषि सुधार अधिनियम के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद बंद हो जाएगी जबकि वास्तविक्ता यह है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज को एमएसपी दर पर बेच सकते हैं डे थेरेपी केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के तहत डे केयर थेरेपी केन्द्र सुविधा के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है इन केंद्रों को जल्द ही सीजीएचएस द्वारा प्रदान की जाने वाली डे केयर थेरेपी सेंटर ऑफ कन्वेन्शनल दवा के पैनल के समान सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा सीजीएचएस के सभी लाभार्थी साथ ही पेंशनभोगी इन केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ आयोजित मैराथन बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है नशाखोरी में संलिप्त लोगों की संपति जब्त करने के निर्देश अमर उजाला का शीर्षक है प्रदेश के डीसी एसपी के साथ बैठक में सीएम तल्ख दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है दो महीनों की लापरवाही ने बढ़ाया कोरोना दैनिक जागरण के शब्द हैं जयराम का निर्देश रैंडम सैंपलिंग में लाएं तेजी

जबकि आपका फैसला का कहना है सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य अमर उजाला ने प्रदेश हाईकोर्ट से संबंधित खबर को सुर्खी दी है हिमुडा में टेंडर धांधली की जांच के लिए हाईकोर्ट ने बनाई कमेटी दिव्य हिमाचल लिखता है हिमुडा के टेंडरों में धांधलियों की चार सदस्यीय कमेटी करेगी जांच हिमाचल दस्तक का शीर्षक है हाईकोर्ट ने दिए हिमुडा के टेंडर धांधली की जांच के आदेश दैनिक जागरण ने खबर दी है पीटीए शिक्षकों को राहत कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं पंजाब केसरी के मुताबिक पीटीए अध्यापकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ सभी याचिकाएं खारिज